यह स्मारक उन बहादुर सैनिकों के सम्मान में समर्पित होगा जिन्होंने आजादी के बाद से देश की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सैनिकों का भी स्मरण करता है जिन्होंने शांतिवाहिनी मिशन और उग्रवाद तथा आंतकरोधी अभियानों में सर्वोच्च बलिदान दिया है स्मारक में चार वृत्त अमर चक्र वीरता चक्र त्याग चक्र और रक्षक चक्र बनाये गये है

नेशनल वॉर मेमोरियल में एक अमर ज्योति भी बनाई गई है जिसे प्रधानमंत्री आज प्रज्वलित करेंगे

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए वे यहां विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे सांसद संतोष अहलावत के नेतृत्व में रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरे क्षेत्र के लोगों में उत्साह है

इस अवसर पर सांसद रामचरण बोहरा सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी भी मौजूद थे श्रीमती ईरानी ने सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में हेंडीकाफ्ट प्रोडक्टिविटी सेंटर और टेस्टिंग लेबोरेट्री का भी उदघाटन किया अजमेर के किशनगढ़ हवाई अड्डे से अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा मार्च के अंत तक शुरू हो जाएगी किशनगढ़ हवाई अड्डे के निदेशक अशोक कपूर ने बताया कि स्पाइसजेट ने अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है अप्रैल से किशनगढ़ और हैदराबाद के बीच भी हवाई सेवाए शुरू हो जाएंगी श्री कपूर ने बताया कि किशनगढ़ से दिल्ली की नियमित हवाई सेवा के बाद अब अहमदाबाद और हैदराबाद से किशनगढ़ सीधे हवाई सेवा से जुड़ने जा रहा है जो यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगा चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा आज अजमेर दौरे पर है उन्होंने केकडी में जनसुनवाई की इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को दूर करने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्व है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने सवाईमाधोपुर के बौंली पुलिस थाने के सहायक उपनिरीक्षक दशरथ लाल को पांच हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया ये राशि परिवादी से एक मामले में धारा बदलने और रिमांड नहीं लेने की एवज में मांगी गई थी

घायलों को सीकर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है उधर भीलवाडा जिले के जहाजपुर कस्बे में एक ट्रेलर की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई हादसे में घायल तीन लोगो को भीलवाडा रैफर किया गया है हनुमानगढ जिले में अपराधों की रोकथाम के लिये स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत छात्रों को प्रशिक्षित किया जायेगा

उदयपुर में आज से युवा महोत्सव की शुरूआत हो रही है सांस्कृतिक क्षेत्र की युवा प्रतिभाओं को तराशने के लिए हो रहे संभाग स्तरीय इस महोत्सव का आयोजन मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय में होगा जिसमें बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर प्रतापगढ़ राजसमंद और उदयपुर जिले के प्रतिभागी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे इसके माध्यम से प्रतिभाशाली युवा कलाकारों की खोज कर उन्हें प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी

प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर सर्दी का असर कम हो गया है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार माउंट आबू में आज सात डिग्री सैल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया

कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते है